श्री नायडू आज इंदौर में वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता उलब्धता और सस्ती कीमत पर उच्च शिक्षा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं उन्होंने डिग्री एवं पदक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बधाई दी इसके पूर्व इंदौर विमानतल पर उनका स्वागत राज्यपाल लालजी टंडन राज्य शासन के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट उच्च शिक्षामंत्री जीतू पटवारी सहित अनेक विशिष्टजनों ने किया

यह मुद्दा न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तुरंत सुनवाई कर सूचीबद्द करने के लिये रखा गया था लेकिन न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई उपयुक्त समय पर होगी

मुख्यमंत्री ने आज मुंबई में मिलिंद देवड़ा सहित अनेक उद्योगपतियों से मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने संबंधी चर्चा की इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नई निवेश नीति से उद्योगपतियों को अवगत कराया इस दौरान श्री देवड़ा ने कहा कि वे मध्यप्रदेश में युवाओं के लिये रोजगार बढ़ाने संबंधी प्रयास में हर संभव सहयोग करेंगे आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस पर कल छिंदवाड़ा और झाबुआ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों ही कार्यक्रमों में शामिल होंगे

आगरमालवा जिले में आज कलेक्टर अभय वर्मा ने जिला चिकित्सालय में बच्चों को कृमि नाशक गोली खिलाकर इस अभियान की शुरूआत की

यह मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरु होगा